मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री का आज रोहनिया इलाके के नरूर गांव में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और छात्रों से बातचीत की प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही उनके जन्मदिन का जश्न शहर में शुरू हो चुका था जगह जगह जन्मदिन की बधाईयों के गीत गाये जा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ता मलिन बस्तियों सहित अड़सठ जगहों पर सफाई अभियान चला रहे हैं नगर में जगह जगह मेडिकल कैम्प लगाये गये हैं इस अवसर पर कई बुज़र्ग कदियों को जेल से रिहा भी किया जा रहा है कल अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री पांच सौ सत्तावन करोड़ रूपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री वाराणसी जोड़ प्रधानमंत्री कल जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें अटल इन्क्यूबेशन सेन्टर तीन हजार सात सौ बाईस मजरों में विद्युतीकरण पुरानी काशी में शहरी विद्युत सुधार कार्य शामिल है इसके अलावा वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केन्द्र रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ्थेल्मेलॉजी तथा चोलापुर में विद्युत उपकेन्द्र की आधार शिला रखेंगे राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और कई केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में उनकी दीर्घ आयु और वर्षों तक देश की जनता के प्रति समर्पित सेवा की कामना की उपराष्ट्रपति एमवैंकैया नायडू ने कहा है कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना यथोचित स्थान बनाए हुए है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतत्व में देश तेज गति से विकास करते हुए विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करते रहें और देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएं सूचना और प्रसारण मंत्री राज्य वद्वन सिंह राठौड़ ने कहा है कि श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी श्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना की है उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने कहा है कि भारत पूरे विश्व को एक बड़े परिवार की तरह मानता है तथा सहभागिता और एक दूसरे का ध्यान रखने के दर्शन में विश्वास करता है श्री नायडू कल शाम माल्टा के फ्लोरियाना में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों ने अपने कार्यों से देश को गौरवान्वित किया है भारत में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए श्री नायडू ने कहा कि सरकार क सुनियोजित सुधार समावेशी समाज का निर्माण कर रहे हैं और भारत व्यवस्थित सुधारों के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष दो हजार उन्नीस की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा समय सारिणी तय करते समय सार्वजनिक अवकाश और कुंभ स्नान के मुख्य दिवसों को ध्यान में रखा गया है उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की सुविधा के मद्देनजर परीक्षाओं की पहली पाली की समयावधि में भी संशोधन किया गया है

उन्होंने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए परीक्षार्थी के पंजीकरण को आधार से लिंक किया जा रहा है इसके अलावा इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसिस और पुस्तकें परीक्षा केन्द्र पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी परीक्षा केन्द्र स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ साथ परीक्षा कक्ष में बैक और फ्रंट कैमरा तथा वाईस रिकार्डर भी लगाया जायेगा सभी परीक्षा केन्द्र जीपीएस से लिंक होंगे उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बताया जायेगा जो पिछले तीन वर्षो से बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुए है या काली सूची में दर्ज है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

पूरे प्रदेश में आज विश्वकर्मा जयन्ती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों श्रमिक संगठनों और शिक्षण संस्थाओं द्वारा जगह जगह शोभा यात्राएं निकालने का क्रम जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और विधि विधान से पूरा अर्चना की इस अवसर पर लोगों को शुभ कामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए संचालित योजना के जरिये हर गांव और कस्बे तक ट्रेनिंग टूल किटस और उपकरण मुहैया करायेगी राजधानी लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीय कार्यशाला में भगवान विश्वकर्मा का पूजन भव्य तरीके से किया गया शहर के कई मुख्य स्थलों पर भंडारों के आयोजन का सिलसिला जारी है चित्रकूट में विश्वकर्मा जयन्ती की धूम रही वहां कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई मऊ में पीडब्ल्यूडी रेलवे स्टेशन और पावर हाउस सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आदि शिल्पी विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई अमरोहा और बलरामपुर में निजी कल कारखानों तथा यांत्रिक काम करने वालों ने हवन पूजन किया इस अवसर पर कई जगहों पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों में आदि शिल्पी विश्वकर्मा के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकासवाद की राजनीति में विश्वास रखती है और इस दिशा में पूरी लगन के साथ काम कर रही है

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ चिकित्सा सेवाओं में सुधार मौलिक अधिकारों प्रोन्नति सहित कई अन्य लम्बित प्रकरणों में तुरन्त हस्तक्षेप करने के आशय का ज्ञापन मूख्यमंत्री को आगामी चौबीस सितम्बर को जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजेगा

उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन के अलावा आगामी पहली अक्टूबर को राज्यभर के चिकित्सक उपेक्षा और संवेदनहीनता के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए काली पट्टी बांध कर सेवाएं प्रदान करेंगे उन्होंने बताया कि प्रोन्नति तथा सातवें वेतन आयोग के क्रम में प्रैक्टिस बंदी भत्ते सहित अन्य भत्तों के अभी तक प्रदान नहीं किये जाने पात्र चिकित्सकों को वोआरएस का लाभ नहीं दिये जाने तथा अधिवर्षता आयु मनमाने ढंग से बढ़ा दिये जाने सहित अन्य दिक्कतों से पूरा संवर्ग आक्रोशित है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित किसान बंधु योजना और किसान बीमा योजना का बारीकी से अध्ययन कर इसे प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं का पता लगाये श्री शाही ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी तथा वहां के कृषि संस्थानों का दौरा करने के बाद यह निर्देश दिये